केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं रसासन मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में सूखद यात्रा मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौबीस घंटे मुफ्त सहायता के लिए एक शून्य तीन तीन नंबर लांच किया ये हैल्प नंबर सडकों पर होने वाली द्र्घटनाओं और मुख्य मार्ग सम्बधी अन्य मामलों की जानकारी लेने में और दूर्घटना पीडि़त को समय पर सहायता उपलब्ध करा कर अमूल्य जिंदगीयों को बचाने में सहायक होगा दोनों मंत्रियों ने आज चालक प्रशिक्षण केन्द्रों बारे राष्ट्रीय योजना और इसके मैनूअल को जारी किया

उन्होंने कहा कि सरकार हरित ऊर्जा के प्रति वचनबद्ध है और और इस वर्ष के बजट में बायो सीएनजी के उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना पर जोर दिया गया है उन्होंने कहा कि देश आने वाले वर्षो के कचरे से करीब एक लाख करोड़ रूपये की संपति वाली नई आर्थिकता का गवाह बनेगा श्री प्रधान ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में कृषि कचरे से उत्पादन करने वाली कंपनियों को सरकार दवारा लाभ दिये जायेंगे सरकार पंचक्ला जिले की राजीव कालोनी इन्द्राकालोनी और खड़ग मंगोली कॉलोनी के झुग्गी झोपड़ी वासियों का पूर्नवास करेगी इसके लिए लगभग चालीस एकड़ रकबे में सरकारी निजी भागीदारी प्रक्रिया के तहत निवास इकाइयों का निर्माण किया जायेगा वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने आज इस सम्बधी एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी देते हए सदन को बताया कि इसके लिए निय्क्त लेन देन सह कार्यक्रम प्रबंधन सलाहकार ने इन कॉलोनियों में बायोमैट्रिक सर्वेक्षण का काम प्रा कर लिया है और पूर्नवास के लिए सात हजार दो सौ तिरसठ लाभार्थियों की पहचान की गई है उन्होंने कहा कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के मौजूदा घनत्व और एफ ए आर मानदंडों मे छूट के प्रस्ताव पर विचार के बाद ही आवास इकाइयों का निर्माण किया जायेगा मंत्री ने कहा कि मद्रास कॉलोनी से पहचान किये गये लाभार्थियों का पुर्नवास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण दवारा पंचक्ला के शहरी इलाके में निर्मित खाली पड़ी करीब सौ कम लागत की आवास इकाइयों में किया जायेगा वित्तमंत्री ने कहा कि माता मनसा देवी क्षेत्र के झ्ग्गी निवासियों के पूर्नवासका कोई प्रस्ताव नहीं है हरियाणा सरकार शीघ्र विधवा पेंशन की तर्ज पर विध्र पेंशन शुरू करेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में सदन को यह जानकारी दी और कहा कि पैंतालिस वर्ष से अधिक आय् वाले विध्र इस पेंशन के पात्र होंगे उन्होंने बताया कि इस पेंशन के लिए अन्य नियम व शर्ते पहले से ही जा रही विधवा पेंशन वाली ही लागू होगी

स्वासथ्य मंत्री श्री अनिल विज ने असीम गोयल के एक प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया कि इसकेलिए एक टीम का गठन कर दिया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद इसकी काम की समय सीमा तय की जायेगी अम्बाला के विधायक द्वारा ाई करोड़ की सी टी स्कैन मशीनें बिना इस्तेमाल पड़े रहने से आई खराबी पर सवाल उठाने पर श्री विज ने कहा कि मशीन की मरम्मत करा दी जायेगी और जल्द ही इसे चलाने का प्रबंध किया जायेगा

श्री विज ने कहा कि जहां तक इन मरीजों को खून की आप्र्ति का प्रश्न है इन्हें सारा इलाज और खून बदलने के लिए रक्रा म्फ्त म्हैया कराया जाता है एक प्रक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि मरीज को रक्त दान किये खून की जांच के बाद ही चढ़ाया जाता है कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नारी शक्ति प्रस्कार वितरण कार्यक्रम में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दवारा लिंगानुपात में सुधार के लिए झज्जर जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उपायुक्त सोनल गोयल को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ टीम की अग्वाई के लिए आंमत्रित किया गया है इस उपलक्ष्य में आज अम्बाला छावनी के सरकारी कालेज मे भी कार्यक्रम हआ जिसमे प्र्व शिक्षा मंत्री स्वामी अग्निवेश ने लोगों को कन्या भूण हत्या व दहेज जैसी ब्राईयों को दूर करने के लिए आयोग आने को कहा उधर हिसार में आज नारीतब प्रोजेट शुरू किया गया जिसके तहत एक वर्ष तक खंड व ग्राम स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा हरियाणा विधानसभा में आज श्न्यकाल के दौरान विपक्ष दवारा आरोप सारे गन्ने की खरीद न होने का आरोप लगाया और कहा गया कि किसानों से पिराई के लिए न खरीदे जा रहे गन्ने को किसान उत्तरप्रदेश में औने पौने भाव पर बेच रहे है और निजी मिलों में गन्ना ले जाने के लिए परिवहन का खर्च उसे अलग से उठाना पड़ा रहा है

इस मुददे पर नोक झोंक के बीच कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सदन को गलत जानकारी दी जा रही है और गन्ने का कोई म्द्दा नहीं है उन्होंने कहा कि राज्य में इस साल पौने बारह करोड़ टन गन्ने का उत्पादन हुआ है और अब तक आठ करोड़ अस्सी लाख टन की पिराई हो च्की है और दो करोड़ टन गन्ने की पिराई की जा रही है और मिलों को ज्यादा समय तक चलाया जायेगा ताकि किसानों के सारे गन्ने की पिराई हो सके उन्होंने कहा कि हरियाणा में देश के अन्य राज्यों की तुलना में गन्ने का सबसे अधिक भाव दिया जा रहा है हरियाणा विधानसभा में राज्य पाल के अभिभाषण पर कल चर्चा जारी पर आज श्री सुभाष बराला ने अपने विचार रखते हए कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ काम किया है उसके बाद कांग्रेस के क्लदीप शर्मा ने चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था का मुददा उठाया और कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन और पंचक्ला में हई हिंसा के समय सरकार नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी उन्होंने किसानों के बोंड से अधिक उत्पादित गन्ने का मुददा भी उठाया जिस पर कृषि मंत्री ओ पी धनखड़ ने सफाई देते हुए कहा कि शर्मा पर गलत बयानबाज़ी का आरोप लगाया

क्लदीप शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तीन साल में हरियाणा में प्लिस की गोली से जम्मू कश्मीर से ज्यादा लोग मारे गये है उन्होंने प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट पर पर्दा डालने का म्द्दा भी उठाया